श्री मोदी ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की

संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई आठ हजार चार सौ सत्तर कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण झारखंड उच्च न्यायालय में दो सप्ताह के लिए अवकाश घोषित किया गया है राज्य के सभी जिलों में शुरू होगा गरीब कल्याण रोजगार अभियान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर सभी देशवासियों की ओर से करगिल के वीर जवानों को श्रद्वांजलि दी है आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने इन वीर जवानों के साथ साथ उनकी माताओं को भी नमन किया जिन्होंने मां भारती के इन सच्चे सपूतों को जन्म दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देशवासी करगिल विजय को याद कर रहे हैं और शहीदों को नमन कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने देश के नौजवानों से शहीदों की शौर्य गाथा को लोगों से साझा करने का आग्रह किया श्री मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ महीनों से एकजुट होकर जिस तरह कोविड महामारी का मुकाबला किया है उसने अनेक आशंकाओं को गलत साबित किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कोरोना से स्वस्थ होने की दर अन्य देशों के मुकाबले काफी बेहतर है प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है इसलिए सतर्क और सावधान रहें इसके लिए साफ सफाई मास्क का इस्तेमाल और दो गज की दूरी सबसे बड़ा हथियार है

इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्द्वन भी मौजूद रहेंगे बैठक में मुख्यमंत्रियों के साथ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव उपस्थित रहेंगे कोरोना महामारी को लेकर प्रधानमंत्री का सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ यह सातवीं बैठक है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के नोएडा कोलकाता और मुंबई स्थित तीन नई उच्च क्षमता वाली प्रयोगशालाओं का उद्घाटन करेंगे सरकार ने कोविड महामारी की प्रारंभिक स्तर पर पहचान और उसे रोकने की रणनीति अपनाई है इसके तहत परिषद ने कोरोना वायरस के प्रकोप से सफलतापूर्वक निपटने के लिए जांच की क्षमता बढ़ाने का फैसला किया है केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड जांच क्षमता को बढ़ाने के पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं

कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर आठ हजार चार सौ सत्तर हो गयी है इनमें सबसे ज्यादा रांची से छियानबे नये मामले सामने आये हैं राज्य में कोरोना से पिछले चौबीस घंटे में नौ संक्रमित मरीजों की मौत हुई है राज्य में चार हजार पांच सौ साठ सक्रिय मामले हैं और तीन हजार सात सौ चार लोग स्वस्थ हुए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेने ने कल रांची में तैयार किये जा रहे दो कोविड सेंटरों का निरीक्षण किया ये सेंटर होटवार रिथित खेलगांव और धुर्वा के कृटे में बनाये जा रहे हैं यहां तीन हजार संक्रमितों का इलाज किया जा सकेगा खेलगांव में एक हजार बेड और कृटे में दो हजार बेड के कोविड वार्ड तैयार किये जा रहे हैं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोरोना संक्रमितों की देखभाल के लिए वार्ड में कोई कमी नहीं होनी चाहिए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को लेकर सरकार चिंतित है सरकारी स्तर पर कोरोना संक्रमितों को भर्ती कर इलाज के लिए रिम्स सहित पांच अस्पतालों में व्यवस्था की गयी है स्वास्थ और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में पहली बार एक दिन में कोविड संक्रमण से रिकॉर्ड संख्या में लोग ठीक हुए हैं

मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों को सलाह दी है कि वे अपने राज्यों में टेस्ट ट्रैक और ट्रीट की रणनीति को प्रभावी तरीके से लागू करें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

ऐसे सभी निर्यातकों के आईजीएसटी रिफंड का भुगतान निलंबित कर दिया गया है जिनकी सत्यापन रिपोर्ट नकारात्मक आई है हालांकि सीमा शुल्क अधिकारियों को सामान्य निर्यातकों के रिफंड के भुगतान में तेजी लाने को कहा गया है

रजिस्ट्रार जनरल अंबुज नाथ ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि झारखंड उच्च न्यायालय में सताइस जुलाई से छह अगस्त तक अवकाश रहेगा इस दौरान सिर्फ अतिआवश्यक नियमित जमानत याचिका और अग्रिम जमानत याचिका की ही सुनवाई हो सकेगी अबतक झारखंड उच्च न्यायालय में सोलह कर्मी कोरोना से संक्रमित हुए हैं और उच्च न्यायालय ने राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में हो रही वृद्धि पर चिंता जाहिर की थी

राज्य के सभी जिलों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरूआत की जायेगी इसमें प्रवासी मजदूरों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया जायेगा और राजगार उपलब्ध कराया जायेगा इसके लिए मुख्य सचिव ने कौशल विकास मिशन सोसाइटी को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है गरीब कल्याण रोजगार अभियान एक केंद्रीय योजना है जिसके लिए राज्य के गोड्डा गिरिडीह और हजारीबाग जिले के प्रवासी मजदूरों का चयन किया गया है इस अभियान के तहत प्रवासी मजदूरों को प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा राज्य सरकार शेष अन्य जिलों में अपने स्तर पर इस योजना को लागू करने की योजना बना रही है रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव आयी उनके तीनों सेवादारों की रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है सेवादारों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें ड्यूटी से हटा दिया गया है लालू प्रसाद यादव की दोबारा जांच करायी जायेगी

जिसमें टाउन थाना के आठ पुलिस लाइन के छह और चार एसपी आवास के जवान शामिल हैं सभी जवानों को आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है सिविल सर्जन डॉ विजया भेंगरा ने बताया कि इनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों की जांच करायी जायेगी

यहां आम लोगों के साथ साथ पुलिस कर्मियों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है जामताड़ा के उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज ने कोरोना महामारी के मद्देनजर बकरीद की नमाज अपने घरों में ही अदा करने की अपील की है

राज्य के प्रमुख अखबारों ने अपने पहले पत्रे पर किन किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है आज राज्य में प्रकाशित लगभग सभी हिंदी अखबारों ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है कि मास्क करे परेशान तो कोरोना वॉरियर्स को याद करें हिन्द्रस्तान ने भी कारगिल युद्ध के शहीदों के नमन से संबंधित खबर को प्रमुखता दी है दैनिक प्रभात खबर ने असरकारी है सरकारी इंतजाम शीर्षक से राज्य में कोरोना संक्रमण से संबंधित खबर को प्रकाशित किया है इसमें राज्य में कोविड सेंटर में संक्रमित मरीजों को दी जा रही सुविधा के बारे में बताया गया है

मुख्यमंत्री ने रांची में बन रहे तीन हजार बेड के दो नये कोविड अस्पतालों का निरीक्षण किया है और लोगों को आश्वस्त किया है कि कोविड सेंटर में भर्ती लोगों को किसी तरह की कमी नहीं होने दी जायेगी रांची एक्सप्रेस ने प्रधानमंत्री के मन की बात को प्रमुखता से लिया है वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक नौ दिन के शिशु की रिम्स से कोराना संक्रमण से मुक्ति की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है